मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से इसकी शुरूआत करेंगे इस योजना से राज्य की दो तिहाई आबादी को लाभ मिलेगा

स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से राज्यों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के डेटाबेस को अपडेट किया जा रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक करोड़ तीन लाख से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं

इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया है

शहीद दिवस के अवसर पर आज जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता का व्यक्तित्व युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाला है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया है जिसे आने वाले समय में विभाग के रूप में बदला जाएगा श्री गहलोत ने कहा कि गांधी जी के विचारों को लेकर एक पोर्टल भी बनाया गया है

मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में आज भी पारा जमाव बिन्द्र से नीचे रहा

मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों में आज तेज शीतलहर की संभावना जताई है विभाग ने कहा है कि कुछ स्थानों पर अगले दो दिनों तक ठंडी हवाओं का दौर बना रहेगा